नई दिल्ली में कल अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने लोगों से दैनिक घरेलू कार्यों में पानी का दुरूपयोग न करने का आग्रह भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन देश के प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री ने प्रत्येक गांव में जल कार्य योजना और जल निधि बनाने का आह्वान भी किया

केंद्रीय मंत्री अमित शाह समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह के बाद पीटरहॉफ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शाम रिज मैदान पर तैयारियों का जायजा लिया इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने समारोह को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कार्ट रोड़ प्रयोग में न लाने का परामर्श दिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के लिए विशेष प्रबन्ध किए हैं अमित कश्यप ने कहा कि प्रदेश के अन्य भागों से आने वाले लोगों को यातायात की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहस कि गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छ सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सूर्य ग्रहण आज आंशिक सूर्य ग्रहण है

ग्रहण की पूरी अवधि दो घंटे उनतालीस मिनट है श्रद्वालु इस दौरान नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान कर रहे हैं इस दशक का यह अंतिम सूर्य ग्रहण है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पर्यटन से जुड़ेगी अटल टनल मोदी अगस्त में करेंगे लोकार्पण दैनिक जागरण का शीर्षक है मोदी अगस्त में देश को समर्पित करेंगे अटल रोहतांग सुरंग दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अगस्त में पीएम मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन जबकि आपका फैसला के अनुसार रोहतांग टनल का नाम अब अटल सुरंग नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी की जयंती पर की घोषणा प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल होने वाले समारोह पर हिमाचल दस्तक लिखता है रैली शिमला में लेकिन हर जिले में दिखेंगे अमित शाह

कभी भी बंद हो सकता है चंबाघाट कैथलीघाट फोरलेन का निर्माण कार्य शीर्षक से अमर उजाला लिखता है भुगतान न होने से फंसा पेच एक कंपनी पहले ही छोड़ चुकी है काम कश्मीर के बदले हालात से प्रदेश बना किसमस न्यू ईयर के लिए फेवरिट डेस्टिनेशन दैनिक भास्कर की मुख्य खबर है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सीएम के सामने आयोजकों पर बरसीं सरवीण चौधरी अब बन सकेंगे पांच मंजिला भवन खबर पर दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल के टीसीपी विभाग ने बनाई समान भवन निर्माण की योजना अमर उजाला ने लिखा है सांता क्लॉज को लेकर शिमला पहुंची देश की पहली विस्ताडोम ट्रेन

मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में बर्फबारी के साथ हो सकता है नए साल का स्वागत

नमस्कार